केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के द्रसरे कार्यकाल का एक वर्ष प्रा होने के बाद श्री मोदी ने देशवासियों के नाम लिखे ख्ले पत्र में यह विश्वास व्यक्त किया है

प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यदि परिस्थितियां सामान्य होती तो वह जनता के बीच में आकर सभी का आशीर्वाद लेते लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें पत्र के जरिये लोगों से म्खातिब होना पड़ रहा है

उन्होंने कहा कि इससे निपटने का एक ही तरीका है हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत

इस अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पटरी पर बनाए रखा

सागर जिले के सदर बाजार इलाके में कराये जा रहे स्वास्थ्य सर्वे का आज क्छ रहवासियों ने विरोध किया हालाकि प्लिस की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश पर लोग मान भी गए

दीदी वैन कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपने खेत में उगी हई सब्जियां आसपास के गांव और आवश्याकतान्सार शहर तक पहंचाने के उद्देश्य से देवास में आजीविका एक्सप्रेस बनाई गई हैं जिसे दीदी वैन नाम दिया गया है म्ख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शीतला पटले ने बताया कि आजीविका एक्सप्रेस के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उगाई जा रही सब्जियों को बाजार उपलब्ध होगा इससे उपभोक्ताओं को लॉक डाउन में ताजी सब्जियां मिलेगी जबकि महिलाओं को रोजगार मिलेगा

आकाशवाणी समाचार के लिए नितिन ग्प्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह अच्छी खबर हमारी विशेष श्रंखला अच्छी खबर के इस अंक में कल स्निए खंडवा के अन्ठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं